गृहमंत्री अमित शाह सम्मलेन के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कल शाम धर्मशाला में भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत एचई अहमद अरबाना की अगुवाई में यूएई के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में फल व सब्जी प्रसंस्करण में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है इसके अलावा रूस के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री के साथ बैठक की अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट को हिमाचल में निवेश रोजगार और व्यापार बढ़ने के स्वर्णिम दौर की शुरूआत बताया है धर्मशाला में कल इंवेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों से प्रगति के पथ पर अग्रसर है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मौजूदा और पूर्व में उठाए गए कदमों ने देश को नई दिशा दी है डीआईएन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की डीआईएन अर्थात् डॉक्यूमेंटेशन आईडेंटिफिकेशन नंबर प्रणाली आज से लागू हो रही है अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में ऐतिहासिक समझी जाने वाली दस्तावेज पहचान संख्या प्रणाली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निर्देश पर तैयार की गई है यह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल पर आधारित है परोक्ष कर प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों सहित चंबा कुल्लू शिमला और मंडी जिले के अधिक उंचाई वाले स्थानों में आज भी रूक रूक कर हिमपात का कम जारी है रोहतांग दर्रे पर लगभग तीन फुट से अधिक हिमपात हो चुका है बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग आवाजाही के लिए बंद है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किन्नौर जिले के उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान का समाचार है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर धर्मशाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मेरे विश्वास पर करें निवेश राज्य प्रलोभन देना बंद करें सुविधाएं बढ़ाएं पंजाब केसरी के शब्द हैं वैश्विक मंदी में भी भारत की आर्थिक रफ्तार बेहतर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में आजमाएं नसीब रोड रेल हवाई संपर्क बढ़ाने पर तेजी से हो रहा काम दैनिक जागरण लिखता है उद्योगों को राहत से नहीं मिला राज्यों को लाभ दैनिक भास्कर के अनुसार निवेशकों से बोले पीएम मोदी मैं हिमाचली आप मेरे मेहमान यहां की धरती का भरोसा रखिए दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है देश की नई ग्रोथ स्टोरी को रोशनी देने के लिए तैयार है हिमाचल आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में निवेश करिए फलेंगे फूलेंगे अजीत समाचार के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत मानवाधिकार की कद्र है या नहीं शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है मानवाधिकार आयोग व लोकायुक्त का गठन न करने पर हाईकोर्ट सख्त दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में जल्द होगी एफआईआर मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल की चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी पंजाब केसरी ने लिखा है रोहतांग मे दो फुट बर्फबारी वाहनों की आवाजाही बंद दिव्य हिमाचल की एक खबर है अब पीटीए शिक्षक भी कोर्ट में रख पाएंगे पक्ष